इस योजना के तहत दस करोड़ से ज्यादा गरीबों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना विश्व में सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है इस बीच राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार इस योजना का शिमला से शुभारम्भ करेंगे इधर सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह और सांसद रामस्वरूप शर्मा मण्डी से खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और सांसद शांता कुमार धर्मशाला से शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और सांसद वीरेन्द्र कश्यप सोलन से और ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा बिलासपुर से इस योजना का शुभारम्भ करेंगे शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी चम्बा से ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर से उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और सांसद अनुराग ठाकुर ऊना से परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर कुल्लू से सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ राजीव सैजल सिरमौर से और किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में आयुष्मान भारत योजना का शुभारम्भ सम्बन्धित उपायुक्त करेंगे

सम्मेलन के दूसरे दिन आज राष्ट्रीय ई विधान पर भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी प्रस्तुती देंगे जबकि विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिन्दल ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन पर प्रस्तुती देंगे विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है ये बात उन्होंने कल मण्डी जिले के मलोह में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर की अध्यक्षता करते हुए कही

प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और अन्य इलाकों में वर्षा का क्रम लगातार जारी है

किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों पर हिमपात के चलते समूचा जनजातीय क्षेत्र कड़ाके की ठण्ड की चपेट में आ गया

कुल्लु से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि रोहतांग दर्रे सहित मनाली की ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात जारी है खराब मौसम को देखते हुए उपायुक्त युनूस ने लोगों से एहतियात बरतते हुए नदी नालों के करीब न जाने का आग्रह किया है इधर राजधानी शिमला सहित अन्य जिलों में भी वर्षा का कम जारी है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन जुब्बल सड़क हादसे और मौसम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन पर आपका फैसला ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के ब्यान को सुर्खी दी है देश में एक साथ चुनाव होने से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे अमर उजाला बतौर मुख्यमंत्री लिखता है एक देश एक चुनाव के लिए छोड़ दूंगा कुर्सी जबकि मुख्यमंत्री के ब्यान को ही अजीत समाचार ने प्रकाशित किया है एक देश एक चुनाव वर्तमान दौर की आवश्यकता दिव्य हिमाचल के शब्द हैं ई विधान अकादमी की उम्मीदें जवां दैनिक जागरण ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के हवाले से लिखा है एक साथ चुनाव पर सहमत नहीं कांग्रेस

दैनिक भास्कर के शब्द हैं धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने उत्तराखंड जा रहे थे सभी लोग

पंजाब केसरी के शब्द हैं बर्फबारी से मनाली लेह रोहतांग मार्ग बंद

अफसरों पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार दैनिक सवेरा टाईम्स की एक खबर है ध्रमल की पैरवी पर बरागटा बने मुख्य सचेतक शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है मुख्य सचेतक को मिलेगी कैबिनेट मंत्री के समान वेतन व सुविधायें दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय असुरक्षित सड़कें में लिखता है कि हैरानी की बात है कि सरकारी अमला तमी नींद से जागता है जब कोई हादसा पेश आता है चिंताजनक है कि प्रदेश के किसी भी जिले की सड़कें अब सुरक्षित नहीं है